लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का गौरव मिला है विरासत में यह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिये हर समय तैयार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में आगामी एक मार्च से तीन मार्च तक प्रषानमंत्री किसान समाधान अभियान संचालित करने के दिए हैं निर्देश राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ चौदह कोरोना के नए मामले आए जबकि इस दौरान दो सौ कोरोना के मरीज हुए स्वस्थ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए नीति आयोग की शासकीय परिषद की छठी बैठक में कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये अपने संबोधन में श्री मोदी ने यह बात कही देश की प्रगति का आषार है कि केंद्र और राज्य साथ मिल करके कार्य करें और निश्चित दिशा में आगे बढ़े कॉपरेटिव फेडेरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना और यही नहीं हमें प्रयत्न प्रर्यक कॉम्पेटिटिव कॉपेटिव फेरेरलिज्म को न सिर्फ राज्यों के बीच विद्दिक तक ले जाना है ताकि विकास की स्पर्धा निरंतर चलती रहे देश को नई फंचाई पर ले जाने की स्पर्धार्था कैसे बढ़े यह मंचन करने के लिए पहले भी कई बार हमने वर्चा की है आज भी स्वाभाविक है कि इस समिट में इस पर बल दिया जाएगा हमने कोरोना कालखंड में देखा है कि कैसे अब राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर काम किया देश सफल हुआ और दुनिया में भी भारत की एक अच्छी छावि निर्माण हुई श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान देश निर्माण का एक अहम उपाय है इसका उद्देश्य न केवल देश की बल्कि दुनिया की ज़रूरते पूरी करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र भी बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है इससे रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना होगा उन्होंने कहा कि देश के हर राज्य तथा हर जिले की अपनी विशेषता और क्षमता है

स्थानीय स्तर पर गर्वनेंस में सुधार क्वालिटी और लाइफ और उनके आत्मविस्वास का आयार बनती है इन सुधारों से टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कनवर्जन्स तथा आउटकम्स के लिए विम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है श्री मोदी ने कहा कि सरकार निर्यात के लिए विभिन्न जिलों से संबद्व हजारों उत्पादों की सूची बना रही है ताकि उनका मूल्य संबर्धन किया जा सके प्रधानमंत्री ने बर्बादी रोकने के लिए कृषि उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया श्री मोदी ने कहा कि किसानों के लिए सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें आर्थिक संसाधन बेहतर बुनियादी सुविधाएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सके लोकसभा अव्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनने का गौरव विरासत में मिला है और यह देश किसी भी चुनौती का सामना करने के लिये हर समय तैयार रहता है उन्होंने कहा कि भारत सामूहिक शक्ति से सशक्त बना है और इसी सानूहिक शक्ति के बल पर देश कोविड जैसी महामारी से उबरकर आगे आया है श्री बिरला कल बस्ती में आयोजित बस्ती महोत्सव के दूसरे दिन शिखर दिवस का उदघाटन करने के बाद लोगों को संबेधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बस्ती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी श्री बिरला ने कहा कि बस्ती जिले के तीन सौ लोगों को अंग्रेजी शासन ने सामूहिक रूप से फांसी दे दी थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता कार्यक्रम से पूर्व श्री बिरला ने नगर के शास्त्री चौक पर सौ फीट ऊंचे राष्ट्रध्वज का लोकार्पण किया और सलामी दी कार्यक्रम को पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह कार्यक्रम के आयोजक और स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी तथा ड्मरियागज से सांसद जगदम्बिका पाल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में आगामी एक मार्च से तीन मार्च तक प्रधानमंत्री किसान समाधान अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चत्र्येदी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर कहा कि ऐसे किसान जो आघार कार्ड में किसी समस्या के चलते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले पा रहे वे आगामी एक मार्च से तीन मार्च के बीच अपने विकास खंड के बीज भंडारण केंद्र पर जाकर आधार कार्ड में त्रुटि को ठीक करा सकते हैं प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों की दिशा दशा सुधारने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है सरकार द्वारा लागू की गयी नीतियों और योजनाओं से प्रदेश में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो रही है प्रदेश में शैक्षिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस में विद्यालयों में स्कृत चलो अभियान के तहत एक करोड़ पच्चासी लाख विद्यार्थियों का नामांकन कराया गया इसके अलावा प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुविधा को बेहतर बनाते हुए दो लाख पैंसठ हजार से अधिक विद्यालयों को संचालित किया जा रहा है

संपूर्ण कोविद टीके के प्रशासन की प्रक्रिया कार्यकाल और शर्तों के अनुसार चल रही है इस बीच राज्य में पूरी ताकत के साथ कोविद का परीक्षण जारी है

टीकाकरण अधिकारी डॉ मनोज शुक्ला ने बताया कि फूटे हुए फ्रंटलाइन वर्कर्त को कल कोरोना की खुरांक दी जाएगी

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उनके शब्दों से प्रेरित होकर उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के खिलौना निर्माता इंडिया टॉय फेयर दो हजार इक्कीस में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं यह वर्यअल मेला सत्ताईस फरवरी से दो मार्च तक आयोजित होगा

अपने सिल्क के लिए मशहूर वाराणसी में खिलौनों के निर्माण का बहुत पुराना इतिहास है और कमी यहां पूरे देश में सबसे ज्यादा खिलौने बनाए जाते थे

वाराणसी में उद्योग विभाग में संयुक्त निदेशक उनेश सिंह ने आकाशवाणी किसको कहा से बताया कि इस मेले से इस क्षेत्र की पारंपरिक कला को संजोने में मदद मिलेगी

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि इस संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया है